कल नई दिल्ली में जावड़ेकर ने कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन अगले छह महीनों में शुरू हो जायेंगे उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो से लोगों के बीच जनसंचार और स्थानीय कलाकारों को उभरने का एक बड़ा अवसर मिलता है

इनमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस साल खोले जाएंगे केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कल नई दिल्ली के यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा

उन्होंने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरित किए और स्वच्छता अभियान में शामिल होकर इस अभियान की शुरुआत की इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता लोगों को स्वच्छता अभियान जल बचाओं और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने से जुड़ी तीन प्रतिज्ञाएं भी दिलाएंगे मारकण्डा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने जल शक्ति अभियान को सफल बनाने में हर वर्ग से सहयोग का आहवान किया है उना जिला के त्यूड़ी में जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित किसान मेले की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के आध्रनिक तौर तरीके अपनाने होंगे उन्होंने कहा कि प्रा कृतिक खेती से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि किसान की लागत कम होने से आय दोग्नी होगी हिंदी दिवस राष्ट्र आज हिंदी दिवस मना रहा है प्रत्येक वर्ष चौदह सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है

देशभर में लगभग चालीस प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं

सरकार ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किये हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है

इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शोधकर्ताओं व शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया कार्यशाला में सभी विशेषज्ञों ने महिला पूलिस अधिकारियों के ज्ञान और अन्वेषण कौशल को बढ़ाने संबंध जानकारी दी और लैंगिक अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पोक्स के तहत प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित कर इसे प्रभावी तरीके से लागू करने पर बल दिया गया पुलिस विभाग में सशस्त्र व प्रशिक्षण महानिरीक्षक हिमांशु मिश्र ने कार्यशाला में बताए गए बिंदुओं को पूरी तरह लागू करने की जरूरत बताई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

पांच गुणा बढ़ी आईपीएच अफसरों की वित्तीय शक्ति हिमाचल दस्तक की एक खबर है अखबार की एक अन्य ख़बर है विधानसभा में क्या बोले विधायक अब विडियो से जान सकेंगे लोग विधानसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस में संशोधन से जुड़ा नया प्रावधान

आपका फैसला राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है देश के विकास में भूमिका निभाना सभी नागरिकों का कर्तव्य